राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के मजदूरों और छात्रों को वापस लाने की पहल षुरू कर दी है केन्द्र से छूट मिलने के बाद राज्य सरकार ने प्रवासी लोगों की वापसी के लिए पंद्रह नोडल अधिकारी नियुक्त किये हैं आज इस संबंध में टीम के अधिकारी बैठक करेंगे और प्रवासी लोगों की वापसी के लिए रणनीति बनाई जायेगी दोपहर तीन बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पलामू और कोल्हान प्रमंडल के सांसद विधायकों और उपायुक्त से वीडियो कांन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रवासी लोगों को वापस लाने पर चर्चा करेंगे इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं ऐसे में दूसरे राज्यो में फंसे प्रवासी मजदूरों विद्यार्थियों और अन्य लोगों को झारखण्ड वापस लाने में केन्द्र सरकार सहयोग करे झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर एक सौ सात हो गई है स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि कल रांची और जामताड़ा से एक एक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं

इनमें कई जिलों में कई तरह छूट दी जाएंगी गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस बारे में ब्यौरा अगले कुछ दिनों में जारी कर दिया जाएगा मंत्रालय ने लॉकडाउन की स्थिति पर कल व्यापक समीक्षा बैठक की जिसमें माना गया कि लॉकडाउन के कारण अब तक स्थिति में काफी सुधार और फायदा हुआ है

उन्होंने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि एनडीए सरकार उनके प्रयासों का समर्थन करेगी और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी तथा विदेशों में भारतीय मिशन इस बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के प्रतिनिधियों से आहवान किया है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नए अवसर की तलाश करें और देश को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का वैश्विक केन्द्र बनाएं कल इलेक्ट्रॉनिक उद्योग संघ और प्रमुख उद्योगपतियों के साथ बैठक में श्री प्रसाद ने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को मजूबूत करने का अनुरोध किया केन्द्रीय मंत्री ने बैठक में बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों को आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में रखने के प्रस्तावों को गृह मंत्रालय के विचार के लिए भेजा गया है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

बोर्ड ने कहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही परीक्षाएं ली जायेंगी बोर्ड ने पहले कहा था कि महामारी को देखते हुए परीक्षा के नये कार्यक्रम के बारे में कोई फैसला लेना और घोषणा करना मुश्किल होगा बोर्ड ने यह भी कहा था कि परीक्षा शुरू करने से पहले सभी को दस दिन पहले सूचना दी जाएगी

यह विशेष कार्यक्रम आज रात नौ बजेकर पच्चीस मिनट पर एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे रोजगार सृजन ग्रामीण आवास और ढांचागत विकास से जुड़ी ग्रामीण विकास परियोजनाओं को सकियता र्स लागू करें

श्री तोमर ने कल वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान यह बात कही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जल शक्ति मंत्रालय और भू संसाधन विभाग के साथ मिलकर मनरेगा के तहत जल संरक्षण भू जल रिचार्ज और सिंचाई कार्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से फोन पर बातचीत की

लॉकडाउन की अवधि में लोग घरों से नहीं निकले इसके लिए भारत सरकार मदद कर रही है

कोडरमा के झूमरीतिलैया में मां मथुरासीनी सेवा समिति की ओर से सैनिटाइजर चेंबर बनाया गया है फिलहाल ट्रायल के लिए इसे झुमरीतिलैया के गौरीशंकर मोहल्ला के पास लगाया गया है इस सैनिटाइजर चेंबर में फुल बॉडी सेनीटाइज करने की व्यवस्था है जिला प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद समिति की ओर से इसे शहर के अतिव्यस्तम झंडा चौक पर लगाया जाएगा ताकि यहां से ग्जरने वाले हर शख्स को कहीं आने जाने से पहले सेनीटाइज किया जा सके

विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस की स्थिति पर आज एक आपात बैठक आयोजित करेगा संगठन के महासचिव अधानोम घेब्रेयेसस ने कल ये जानकारी दी

केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की प्रोजेक्ट एप्र्वल बोर्ड ने झारखंड को समग्र षिक्षा अभियान में खर्च के लिए दो हजार चार सौ चौवन करोड़ की मंजूरी प्रदान कर दी है बोर्ड ने राज्य के पारा षिक्षकों के मानदेह के लिए नौ सौ करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की वहीं प्रखंड साधन सेवी और संकुल साधन सेवियों के मानदेय बढ़ोतरी से इनकार कर दिया है

जाने माने फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर का आज सुबह मुंबई में निधन हो गया

पिता राज कपूर की इस फिल्म से ऋषि कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी

उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति वैंकया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाष जावेड़कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी षोक व्यक्त किया है

चतरा में आज सुबह हुए सड़क हादसे में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं तीन अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए घायलों को ग्रामीणों ने पुलिस के सहयोग से उपचार के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है